भाजपा की कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की वर्च्यअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पर प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के चलते कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में जनता से सम्पर्क स्थापित करने में मदद भिली है

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं

केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से वर्च्यअल रैली को संबोधित किया

ये बात आज वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकर ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास तेज करने होंगे और इसी कड़ी में अब धीरे घीरे विकासात्मक कार्य भी शुरू हो रहे हैं गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हालांकि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हई है लेकिन इस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्ता में भी वृद्धि हो रही है इससे पहले कल्लू व मनाली उपमण्डल के कई विभागीय अधिकारियों के साथ हई एक समीक्षा बैठक में गोविंद सिंह ठाकर ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार एक सुनियोजित रणनीति के तहत विकास कार्यों को तेजी से पूरा करेगी उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के अलावा मनरेगा के माध्यम से विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी मनाली विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न पर्यटक स्थलों पर करवाए जा रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाए

आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है आयुष मंत्री ने ँलोगों से अंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन भेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि दो दिनों में इस मार्ग को बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी खोल दिया जाएगा इस बीच समदो ग्राम्फू सड़क मार्ग को बीआरओ के अधीन ही रखने की मांग को लेकर जनजातीय युवा मोर्चा ने अध्यक्ष सुदर्शन जसपा के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा राठौर प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना के संकटकाल में स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले और विभाग में अब तक हुई खरीद पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार इस मामले में विजिलेंस और कमेटी की जांच के माध्यम से लीपापोती कर रही है राठौर ने देश व प्रदेश में कोरोना के मामले बढने के लिए केन्द्र और प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशें जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएंगी

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना के संबंध में सभी जरूरी मुददों को सरकार के समक्ष उठाया और पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है कोविड अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि इन पॉजीटिव मामलों के बाद बद्दी बरोटीवालॉ क्षेत्र को सील कर दिया है और पॉजीटिव मरीजों के सम्पर्क में आए लोगों की छानबीन की जा रही है कांगड़ा व चम्बा से भी एक एक कोरोना पॉजीटिव मामले की प्रष्टि हुई है